सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें

बाद में भाजपा मण्डल श्री नैनादेवी द्वारा आयोजित सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि स्वारघाट में राज्य विद्युत बोर्ड का उपमण्डल खोला जाएगा मुख्यमंत्री ने पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचित प्रतिनिधियों से निष्ठापूर्वक व जन अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करने का आहवान किया जयराम ठाकर ने लोगों से कोरोना को लेकर सरकार द्वारा जारी मानक संचान प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करने का भी आग्रह किया मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर मात्र सुर्खियों में बने रहने के लिए अनावश्यक मुददों को उछालने का भी आरोप लगाया

उन्होंने कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की

आकाशवाणी और द्रदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट न्यूज ऑन एआईआर डॉट कॉम तथा न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा आकाशवाणी द्रदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा गोविंद ठाकुर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी जिसकी प्रक्रिया जारी है शिमला में संस्कृत के कार्यान्वयन व प्रचार प्रसार के संबंध में आयोजित एक बैठक में उन्होंने कहा कि कुछ स्थानों पर भूमि का निरीक्षण किया गया है और उपयुक्त स्थान निर्घारित होते ही विश्वविद्यालय की स्थापना का कार्य शुरू किया जाएगा शहीद विदाई श्रीनगर के लावेपोरा में आतंकी हमले में शहीद हुए कांगड़ा ज़िला के देहरू के जवान अशोक कुमार का आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार सहित अन्य नेताओं सीआरपीएफ के अधिकारियों व शहीद के परिजनों ने अशोक कुमार को अंतिम विदाई दी इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने शोक संतप्त परिजनों से सांत्वना प्रकट करते हुए कहा कि शहीद अशोक कुमार पर पूरे राष्ट्र को गर्व है और उनके बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता कोरोना प्रदेश प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी जारी है